प्रश्नकाल और शुन्यकाल के बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हई जिसमें पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने भाग लिया चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा आरएलपी के नारायण बेनीवाल कांग्रेस के हरीश मीना भाजपा के समाराम गरासिया समेत कई अन्य सदस्यों ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है और लोगों को प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है

इसलिए चार साल बाद विद्युत दरें बढाने का फैसला करना पड़ा

उन्होंने कहा कि गौशालाओं हॉस्टलों प्रजास्थलों तथा विद्यालयों में घरेलू श्रेणी की दरे लागू की गयी है ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में बिजली की दरें अब भी कम है भाजपा सदस्यों ने मध्यम वर्ग पर बिजली दरों का बोझ डालने का आरोप लगाते हुए बढी हुई दरें वापस लेने की मांग की

इसके बाद श्री लोढ़ा वैल में धरने पर बैठ गए पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया भी इस मसले पर श्री लोढ़ा के समर्थन में वैल में धरने पर बैठ गए क्छ देर बाद विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी ने इस व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वैल में आने की परम्परा उचित नहीं है और पूरे देश में इस पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं

आज विधानसभा में शुन्यकाल में भाजपा विधायक मदन दिलावर द्वारा उठाये गये इस मुददे पर हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के चलते लोग झोला छाप डाक्टरों से ईलाज कराने को मजबूर हैं

कार्मिक विभाग की प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह के परिपत्र में कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति पूर्व तथा वर्तमान निवास पर अपने परिवार की आय तथा सम्पति से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे ऐसे व्यक्तियों की दोनों निवास स्थानों की आय की संयुक्त गणना की जाएगी

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान आज से देशभर में शुरू हो गया है

अभियान का उद्देश्य देश की विविधता में एकता पर जोर देकर सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच सम्पर्क से राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत करना है